इंडियन नेशनल लोकदल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने का ऐलान किया भारत और चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक बातचीत आज मामल्लपुरम में सकारात्मक मोड़ पर खत्म हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीन के राष्ट्रप्रति शी जिनपिंग ने दो दिन की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की आ सुबह भी पल्लवकाल के तटीय बस्बे में दोनो नेताओं ने आपस में आधा घंटा वार्ता की जिसके बाद दोनो पक्षों में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हई इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री ने वार्ता के दौरान वूहान में हुई बातचीत का जिक करते हुए कहा कि उस से दोनो देशों के बीच स्थिरता बढी है और द्विपक्षीय संबंधों में नया जोश आया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चेन्नई में हुई वार्ता से सहयोग का नया युग श्ज्ञरू हआ है उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन काल से भारत और चीन प्रमुख आर्थिक शक्तियां रहे हैं हित है और अब ये फिर से पहले वाता रूतबा हासिल कर रहे हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बातचीत की शुरूआत भारत में उनके गर्मजोशी से हुए स्वागत पर अभिभूत होते हुए की

श्री गोखले ने कहा कि बातचीत का केन्द्र लोगों के आपसी संबंध पर रखा और यह फैसला भी किया गया कि दोनो देशों के बाशिंदों के बीच संबंध कायम करने के लिए उपाय किए जायें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए प्रयास कर रही है जिसमें लोगों को सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े बल्कि सूचा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक ऑनलाईन डैशबोर्ड को माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध करवा रही है

उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है

इंडियन नेशन लोकदल ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया

इसके अलावा गरीब वर्ग कच्चे व ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लिए भी कई लोक लुभावने वायदे किए गए हैं हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज भिवानी में भाजपा प्रत्याशियों घनश्याम शर्राफ व विशंभर वाल्मिकी के पक्ष में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए देश सरवोपरि है

उन्होंने गत पांच सालों में देश व प्रदेश सरकारों द्वारा जन हित में शुरू की गई योजनाओं का जिक भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री सेना को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं वहीं कांग्रेस के पास देश की मजबूती के लिए कोई एजेंडा नहीं है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज घरोंडा के गांव चौरा और तोशाम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और सारकार की उपलब्धियों को गिनाया उधर कालका हलका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने भी पिंजौर के रायतन क्षेत्र के दो दर्जन गांवों में जनसंपर्क अभियान चला कर वोट मांगे और एचएमटी के बंद होने का मुददा उठाया

पंचकूला से कांग्रेस के प्रत्याशी व हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने आज पंचकूला के लिए अपना विजन दस्तावेज जारी किया जिसमें उन्होंने पंचकला में लॉ कोलज और मेडिकल कॉलेज खुलवाने के साथ साथ पंचकूला को विस्तार की समस्या से छटेंकारा दिलाने का वायदा किया है

इस मौके पर उन्होंने सरकार पर लोगों से किए वायदे पूरे न करने का अरोप भी लगाया और कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे कांग्रेस पत्याशी च्रद्रमोहन ने कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष तरूण भंडारी व अन्य नेताओं पर बोलते ्हए कहा कि अगर दो लोग जा रहे हैं तो हजारों लोग कांग्रेस में शामिल भी हो रहे हैं उन्होंने कहा कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों हेतू केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आंबटित किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से लगभग आधे पुलिसबल की तैनाती संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर की जाएगी अतिरिक्त पुलिस महॉनिदेशक कानून एवं व्यवस्था श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज पंचकला में बताया कि नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए सभी तीन हजार सतासी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व घटना रहित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के दो घेरे होंगे राज्य पुलिस बल के अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अलग अलग ट्कड़ियां इन मतदान केंद्रों पर तैनात की जाएगी ताकि मतदाताओं को सुरक्षा व भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी संवेदनर्शोल मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग भी की जाएगी